केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के लिए एक नया सूर्योदय लेकर आएगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मोबाईल नेटवर्क संचालकों से लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने का किया आहवान

वर्चअल रैली प्रदेश भाजपा की शिमला संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई रैली में केन्द्रीय विधि व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद व केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लम्बे समय बाद केन्द्र में एक ऐसी मजबूत सरकार आई है जिस पर जनता को पूरा विश्वास है उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण ही भारत सुरक्षित है जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभी तक जो भी मामले चल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है और आने वाले समय में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि न झुकेंगे न थकेंगे दिन रात काम करते रहेंगे ये भाजपा का संकल्प है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में ही ये संभव है कि एक आम कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिमकेयर और हिमाचल गृहिणी जैसी लोकहित से जुड़ी योजनाएं शुरू कर प्रदेश सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस संकट काल में देश जिस तरह से मेहनत कर रहा है इसके परिणाम स्वरूप जल्द ही भारत चीन को सभी क्षेत्रों में पीछे छोड़ देगा और इसमें मेक इन इंडिया योजना भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश के लिए एक नया सूर्योदय लेकर आएगा इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे वर्चुअल रैली कांगड़ा उधर भाजपा की कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां मण्डल में हुई वर्चुअल रैली में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जल्द राहत पाएगा इस वर्चुअल रैली को कांगड़ा चम्बा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर व स्थानीय विधायक अरूण मेहरा ने भी सम्बोधित किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मोबाईल नेटवर्क संचालकों से आम लोगों को कोरोना महामारी से रोकथाम के उपायों और सरकार द्वारा जारी किए जा रहे दिशानिर्देशों के बारे में जागरूक करने का आहवान किया है शिमला स्थित राजभवन में प्रदेश के मोबाईल नेटवर्क संचालकों के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों सहित समाज के कमजोर वर्गों और किसानों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करने को भी कहा राज्यपाल ने डिजिटल इंडिया कार्य में भी तेजी लाने की अपील की

वे आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजना के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गोविंद ठाक्र ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन स्थापित कर कृषि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के अलावा रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाना है मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने आगामी मॉनसून के मद्देनजर सभी उपायुक्तों विभागों और अन्य संस्थाओं को अमी से उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं आज शिमला में सभी उपायुक्तों से वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि भूस्खलन व बाढ़ के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े मुख्य सचिव ने कहा कि उन क्षेत्रों में समय रहते पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री चारे व ईंधन का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण किया जाए अनिल खाची ने सभी उपायुक्तों को जल निकासी प्रणालियों व बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवरोधों को रोकने के निर्देश भी दिए जिनकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण शेष हिस्सों से कटने की सम्भावना हो

कोरोना पॉज़िटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापिस लौटे हैं

साच दर्रा चम्बा जिला मुख्यालय को जनजातीय क्षेत्र पांगी से जोड़ने वाले साच दर्रे को लोक निर्माण विभाग ने छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया है

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बार ग्लेशियर अधिक आने से कर्मचारियों को दर्रा खोलने में काफी दिक्कतें आईं लेकिन इसके बावजूद रिकार्ड समय में इसे बहाल कर दिया गया है

एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने मजदूरों को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के समदो काजा ग्राम्फू मार्ग को बीआरओ से वापिस लेने के फैसले के बाद इन मजदूरों को अपना रोजगार गवांने का डर सता रहा था राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत में होने वाले नगर निकाय ग्राम पंचायतों के चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन शानदार रहेगा उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के लोग भाजपा की नीतियों से तंग आ चुके हैं राठौर ने ठियोग नगर परिषद में कांग्रेस उम्मीदवार विवेक थापर के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर भी खुशी व्यक्त की है सुधीर शर्मा कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने व प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेलने का आरोप लगाया है धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित की जा रही वर्चुअल रैली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इन रैलियों के लिए पैसा कहां से आ रहा है सुधीर शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आ सके आवेदन दूरदर्शन केंद्र शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश में एसिस्टेंट वैबसाईट एडिटर और वैबसाईट एसिस्टेंट का पैनल तैयार करने के लिए इच्छ्क उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन में डिग्री और मीडिया क्षेत्र में कार्य का अनुभव अनिवार्य है जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन में डिग्री व डिप्लोमा कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं

आवेदन भेजने का ई मेल पता है आरएन यू डी डी के एसएमएल एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम अधिक जानकारी समाचार एकांश के दूरभाष नम्बर दो छह पांच दो तीन छह छह पर हासिल की जा सकती है